सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को उतारा मैदान में

दिव्यांग अधिकारीकर्मचारी ही करेंगे इनका संचालन

इस सभा में सागर संभाग के छतरपुर पन्ना और टीकमगढ़ जिलों के सभी भाजपा प्रत्याशी शामिल होगें प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी पहली बार छतरपुर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे

वहीं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज आगरमालवा रतलाम के पिपलौदा और बड़ावदा में जनसभा कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बूरहानपुर के नेपानगर में खरगोन की बड़वाह और देवास तथा इन्दौर में चुनाव सभा को संबोधित कर रही हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा के रहटगॉव होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा सुहागपुर और रायसेन जिले के बाडी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर चुनावी सभाओं में भाग लेंगे इस दौरान वे विदिशा रायसेन सीहोर सागर दमोह और टीकमगढ़ जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ होशंगाबाद की बनखेड़ी छिन्दवाड़ा के नवगॉव तामिया चौरई और सिवनी जिले के उगली केवलारी में चूनाव सभा करेंगे जबकि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करेंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रतलाम और इन्दौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती श्योपुर और पथरिया में चुनावी सभा करेंगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के उम्मीद्वारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहे हैं उन्होंने कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किये हैं वहीं योग के लाभ की चर्चा की है और इसे स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण बताया है

दो बच्चे गम्भीर रूप से घायल हैं जिन्हें रीवा मेडीकल कॉलेज भेजा गया है वहीं अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

हादसा समापूर थाना क्षेत्र के दुर्काहा गांव में हुआ हमारे संवाददाता के मुताबिक बिरसिंहपुर सेमरिया मार्ग पर एक निजी स्कूल की वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी तभी अचानक वह सामने से आ रही एक बस से टकरा गई हादसे में जान गंवाने वाले स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं श्री चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि वे हादसे की खबर से स्तब्ध हैं और हताहत बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं

निष्कासित किए जाने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी के पूत्र और छतरपूर जिले की राजनगर विघानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नितिन चतुर्वेदी बिजावर विधानसभा से उम्मीदवार राजेश शुक्ला महाराजपुर विधानसभा से उम्मीदवार राजेश मेहतो और अनवरी खातून सहित कांग्रेस कमेटी की छतरपुर जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष जगदीश शुक्ला शामिल है भाजपा आयोग भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ और उनकी पार्टी के खिलाफ धार्मिक आधार पर वोट मांगने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है पार्टी ने श्री कमलनाथ पर राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और एस एस अहलुवालिया सहित राज्य के भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल इस संबंध में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा श्री नकवी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह वोट के लिए साम्प्रदायिक अपील का मामला है

सारा को ट्राफी और सम्मान निधि से पुरस्कृत किया गया भोपाल में खेल संचालक डॉ थाउसेन ने सारा यादव के प्रदर्शन की सराहना की और उनके विजेता बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी